इससे परिवार पर दबाव कम होगा संबंधित व्यक्ति को सहलियत होगी तथा परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस की संक्रमण से स्रक्षा होगी दिशा निर्देशों के अन्सार पृथकवास और आइसोलेशन केन्द्र एक साथ नहीं होंगे केन्द्र के मालिक के पास विकल्प होगा कि वह अपना स्थल इन दोनों व्यवस्थाओं में से किसी एक के लिए दे सकेगा इन केन्द्रों में अटैच्ड वाशरूम के साथ एक कमरे की व्यवस्था होगी राज्य सरकार के परामर्श से इसका किराया और सेवा प्रभार तय किया जाएगा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के आरम्भिक या हलके लक्षणों वाले लोगों को आइसोलेशन केन्द्र में रखा जाएगा इन केन्द्रों को संदिग्ध और संक्रमण की प्ष्टि वाले लोगों को अलग अलग रखने की व्यवस्था रखनी होगी तथा स्निश्चित करना होगा कि इन दोनों श्रेणियों में कोई आपसी सम्पर्क न हो

यह दिवस हेनरी ड्नेंट की जयंती रुप मे मनाया जाता है जिन्होने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापना की थी राज्यपाल डॉबीडी मिश्रा इस अवसर पर प्रदेश वासियों को श्भकामनाएं देते हुए बहमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए लोगों से रक्तदान करने की अपील की है म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने विश्व रेड क्रॉस डे के अवसर पर राज्यवासियों को श्भकामनाएं दी है

इधर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के अवसर पर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने लोगों से मानवाता की रक्षा का मूलमंत्र का पालन करने की अपील की

उन्होंने पाप्मपारे कामले लोअर स्बनसिरी क्रा दादी क्रुंग क्मे अपर स्बनसिरी ईस्ट कामेंग और पक्के केसांग जिलों के निय्क्त नोडल अधिकारियों से यात्रा के दौरान एसओपी का कड़ाई से पालन करने कहा

उन्होंने जिला उपाय्क्त से पी टी सी क्वारेनटाईन सेंटर में अतिरिक्त शौचालय और पानी की व्यवस्था जल्द पूरा करने को कहा है

अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिभा के धनी ग्रुदेव ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने कहा कि टैगोर के विचार और अभिव्यक्ति सदैव उत्कृष्ट स्तर के रहे इधर राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनोहिल्स दोइम्ख में ग्रुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म दिन मनाया गया शिक्षण संकाय के सदस्यों ने ग्रुदेव की प्रतिमा पर प्ष्पाजंलि अर्पित की